पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे इस अवसर पर देशभर में ब्रथ स्तर पर अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और नरेन्द्र मोदी सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को उनकी सभी जायज मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है कल शाम मंडी जिले के नेरचौक में हिमाचल गैर राजपत्रित कर्मचारी फैडरेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब ने नए वेतन आयोग को लागू करने का फैसला लिया है और राज्य सरकार भी वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त समन्वय समिति की बैठक जल्द बुलाकर कर्मचारियों की मांगों का समाधान किया जाएगा उन्होंने कोरोना काल में कर्मचारियों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की

राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि दल के प्रत्येक सदस्य को हिमाचल में अनेक विषय को जानने और समझने के अवसर प्राप्त होगा राज्यपाल ने कहा कि जीवन में सीखने का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के अध्ययन भ्रमण से विभिन्न राज्यों के बीच सम्बन्धों को मजबूत करने में मदद मिलती है कोविड अभियान कोरोना की रोकथाम के लिए आज से पूरे देश में विशेष अभियान शुरु किया जा रहा है इस अभियान के तहत शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्चच्छता सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुवधिओं पर ज़ोर दिया जाएगा

हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल पहुंचा यूके स्ट्रेन सोलन की डॉक्टर पॉजिटिव दैनिक भास्कर का शीर्षक है हिमाचल भी पहुंचा यूके स्ट्रेन सोलन में मिला पहला केस अमर उजाला ने लिखा है प्रदेश में नए स्ट्रेन का पहला मामला महिला डॉक्टर संक्रमित दिव्य हिमाचल के शब्द हैं वैक्सीन लगाने के बाद भी छह संक्रमित फ्रंटलाइन वर्कर दोनों डोज लगवाकर भी आए चपेट में आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में कोरोना ने बढ़ाई परेशानी प्रदेश में नहीं थम रहा वायरस का प्रकोप

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है थम गया चुनावी शोरगुल चार निगमों छह नगर पंचायतों तीन ब्लॉकों में वोटिंग कल दैनिक भास्कर के शब्द हैं निगम चुनाव कल प्रचार थमा प्रत्याशी पांच लोगों के साथ कर सकेंगे डोर टू डोर प्रचार हिमाचल के चम्बा और लाहौल स्पिति में भूकंप के झटके दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है आपका फैसला ने लिखा है विजिलेंस ने रिश्वत लेते लोक निर्माण विभाग के जेई को किया गिरफ्तार

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है धर्मशाला को हमने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई कांग्रेस ने साख गंवाई नगर निगम जीतने के बाद स्मार्ट सिटी में भाजपा करेगी समुचित विकास